आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम की पचासवीं कड़ी में अपने विचार साझा करते हुए उन्होंने कहा कि वे विभिन्न कार्यक्रमों या सोशल मीडिया के माध्यम से युवाओं के साथ लगातार बातचीत के प्रयास करते रहे हैं प्रधानमंत्री ने रेडियो को संचार का सबसे प्रभावशाली माध्यम बताते हुए कहा कि पहुंच और व्यापकता के लिहाज से कोई भी माध्यम रेडियो की बराबरी नहीं कर सकता रेडियो जन जन से जुड़ा हुआ है और रेडियो की बहुत बड़ी ताकत है

श्री मोदी ने कहा कि आकाशवाणी के एक सर्वेक्षण के अनुसार मन की बात कार्यक्रम से समाज में सकारात्मकता को प्रोत्ब्साहन मिला है उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम से समाज में जन आंदोलनों को बढ़ावा मिला है श्री मोदी ने कहा कि मन की बात में स्वच्छता सड़क सुरक्षा और मादक पदार्थ मुक्त भारत सेल्फी विद डॉटर जैसे विषयों को मीडिया ने नये तरीके से एक अभियान का रूप देकर आगे बढ़ाने का काम किया है प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि मन की बात के माध्यम से रेडियो और अधिक लोकप्रिय हो रहा है

उन्होंने कहा कि मन की बात कार्यक्रम की सबसे बड़ी बात यह है कि हर कोई इस कार्यक्रम के माध्यम से किसी प्रधानमंत्री से नहीं बल्कि अपने किसी निकट साथी से सवाल पूछता महसूस करता है और यही सच्चा लोकतंत्र है प्रधानमंत्री ने कहा कि कल संविधान दिवस है और यह उन महान विभूतियों को स्मरण करने का एक अवसर है जिन्होंने व्यापक और विस्तृत संविधान दिया प्रधानमंत्री ने लोगों से अपील की कि वे संविधान में निहित मूल्यों को आगे बढ़ायें और देश में शांति प्रगति तथा खुशहाली के प्रयास करें प्रधानमंत्री ने कहा कि अगले वर्ष गुरुनानक देव जी का पांच सौ पचासवां प्रकाश पर्व मनाया जाएगा उन्होंने कहा कि गुरुनानक ने पूरी मानवता के कल्याण के लिए सोचा और देश उनके प्रकाश पर्व को भव्य रूप से मनाएगा उन्होंने कहा कि गुरू नानक जी से जुड़े पवित्र स्थ्थलों के मार्ग पर एक ट्रेन भी चलाई जाएगी प्रसार भारत स्थापना दिवस सूचना और प्रसारण मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने प्रसार भारती के इक्कीस वर्ष पूरे होने के अवसर पर सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि एक लोक प्रसारक के रूप में प्रसार भारती पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है

उनके नीचे काम करने वाली जो ऑल इंडिया रेडियो है और दूरदर्शन है उनको भी मैं बहत बहत बधाई देता हूं

इस मौके पर छत्तीसगढ़ में भी अधिकारी और कर्मचारी संविधान की गरिमा को बनाए रखने की शपथ लेंगे केन्द्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार मंत्रालय में सभी विभागों के अधिकारी और कर्मचारी भारत के संविधान की प्रस्तावना को सामूहिक रूप से पढ़ेंगे मुख्य सचिव अजय सिंह उन्हें संविधान की प्रस्तावना का पठन करवाएंगे इस सिलसिले में सामान्य प्रशासन विभाग ने मंत्रालय से सभी विभागों के अपर मुख्य सचिवों प्रमुख सचिवों सचिवों और विशेष सचिवों को परिपत्र जारी किया है इसी तरह संविधान दिवस पर कल राज्य के सभी शैक्षणिक संस्थाओं विद्यालयों आश्रम छात्रावासों और निजी शैक्षणिक संस्थाओं में भारतीय संविधान की प्रस्तावना सामूहिक रूप से पढ़ी जाएगी सभी शैक्षणिक संस्थाओं में प्रार्थना के समय या अलग से कार्यक्रम तय कर प्रस्तावना पढ़ी जाएगी द्वितीय पहर के बाद भारतीय संविधान पर केन्द्रित संगोष्ठी वाद विवाद और निबंध प्रतियोगिता जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे उल्लेखनीय है कि भारतीय संविधान छब्बीस नवम्बर उन्नीस सौ उनचास को अंगीकृत किया गया था

इस कार्यक्रम का प्रसारण आज शाम साढ़े आठ बजे किया जाएगा आकाशवाणी केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले इस कार्यक्रम को छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र एक साथ रिले करेंगे रेलवे डीजी प्रेसवार्ता रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ के महानिदेशक अरुण कुमार ने कहा है कि जल्द ही दस हजार सुरक्षा बलों की नियुक्ति की जाएगी जिसमें आरपीएफ और जीआरपी दोनों तरह के जवान शामिल होंगे श्री कुमार ने रायपुर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए चालू वित्त वर्ष के दौरान विभाग की उपलब्धियों की जानकारी दी महानिदेशक ने बताया कि ट्रेनों में सुरक्षा के साथ साथ स्वच्छता और सहूलियत के लिए अनेक ठोस कदम उठाए गए हैं श्री कुमार ने बताया कि रेलवे सुरक्षा बल और राज्य रेल पुलिस यात्रियों को सुरक्षा देने के उद्देश्य से काम कर रहे हैं महानिदेशक ने यह भी बताया कि रायपुर मंडल सहित पूरे जोन में ट्रेनों की सुरक्षा के लिए तैनात आरपीएफ के जवानों को अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित किया जाएगा इसके तहत ट्रेन में गश्त करने वाले जवानों की वर्दी में ही एक कैमरा लगा होगा जो ट्रेन की सभी तरह की गतिविधियों को रिकॉर्ड कर सकेगा श्री कुमार ने बताया कि राष्ट्रीय स्तर पर जल्द ही एक ऐसा मोबाइल ऐप शुरू किया जाएगा जिससे यात्री ट्रेनों में किसी भी प्रकार की अनहोनी की शिकायत दर्ज करा सकेंगे उन्होंने बताया कि रेल यात्री सुरक्षा और ट्रेनों में होने वाली चोरी तथा उठाईगिरी की घटनाओं को रोकने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है इसके अलावा विभिन्न ट्रेनों से तिरानवे नाबालिग बच्चों को बरामद कर उन्हें चाइल्ड वेल्फेयर कमेठी और उनके परिजनों को सौपा गया है माओवादी वारदात बीजापुर जिले में आज सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई इसमें एक माओवादी मारा गया है घटनास्थल से माओवादियों के हथियार बरामद किए गए हैं जिले के पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग ने बताया कि यह मुठभेड़ बोरजे के जंगलों में हुई मौके से माओवादी के शव के अलावा दो राइफल एक टिफिन बम और अन्य सामग्री बरामद की गई हैं वहीं इसी जिले के पालनार गांव से अगवा किए गए पांच ग्रामीणों को माओवादियों ने रिहा कर दिया है पुलिस अधीक्षक ने बताया कि माओवादियों ने ग्रामीणों के साथ मारपीट करने के बाद उन्हें छोड़ दिया इसमें से माओवादियों द्वारा एक ग्रामीण के हत्या करने की खबर को उन्होंने अफवाह बताया डाक मतपत्र राज्य में दो चरणों में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान चुनाव ड्यूटी पर गए अधिकारियों और कर्मचारियों के डाक मतपत्रों के मिलने का सिलसिला जारी है इसके तहत रायपुर जिले के सात विधानसभा क्षेत्रों में अब तक पचास प्रतिशत से अधिक मतदान होने की जानकारी मिली है कुल छह हजार आठ सौ पचहत्तर डाक मतदाताओं में से तीन हजार चार सौ चौंसठ मतदाताओं ने डाक मतपत्र से मतदान किया है निर्वाचन आयोग के नियमों के अनुसार मतगणना के पहले तक प्राप्त होने वाले डाक मतपत्रों को वोटों की गिनती में शामिल किया जाएगा रायपुर जिला निर्वाचन अधिकारी के डाक मतपत्र केन्द्र में बीती शाम तक सर्विस वोटर अर्थात सुरक्षा सैनिकों के उनचास डाक मतपत्र प्राप्त हुए हैं रायपुर के कलेक्टोरेट स्थित डाक मतपत्र केन्द्र में प्रतिदिन डाक के माध्यम से प्राप्त होने वाले डाक मतपत्रों को प्रत्याशियों उनके प्रतिनिधियों और राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में हर दिन शाम तीन बजे मतपेटियों में डाला जाता है दुर्घटना कांकेर जिले के बाहनापानी के पास आज एक सड़क दुर्घटना में दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई नरहरपुर थाना क्षेत्र के पास तेज रफ्तार मोटरसाइकिल के पेड़ से टकरा जाने से यह द्वर्घटना हई वहीं कोंडागांव के राष्ट्रीय राजमार्ग चिखलपुट्टी के पास यात्री बस और एक गैस टैंकर के बीच आमने सामने की भिडंत होने से चौदह यात्री घायल हो गए हैं इनमें से एक की हालत गंभीर बताई जाती है

समकालीन साहित्यिक परिदृश्य विषय पर आयोजित इस संगोष्ठी के मुख्य वक्ता सुप्रसिद्ध साहित्यकार अशोक वाजपेयी और उदयन वाजपेयी होंगे

वहीं इतवारी बिलासपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस और भगत की कोठी एक्सप्रेस ट्रेन भी देरी से रवाना की जाएगी